कई ट्वीट संदेशों में जल संसाधन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि भारत पूर्वी नदियों के पानी के बहाव को मोड़कर जम्मू कश्मीर और पंजाब में आपूर्ति करेगा सिंधू जल संधि के अनुसार कुछ नियमों के आधार पर भारत को पूर्वी नदियों ब्यास रावी और सतलुज के पानी को इस्तेमाल करने का अधिकार है जबकि पाकिस्तान के पास पश्चिमी नदियों सिंधू झेलम और चेनाब के पानी पर नियंत्रण का अधिकार है उन्होंने कहा कि रावी नदी पर शाहपुर कांडी पर बांध निर्माण का कार्य शुरू हो गया है श्री गड़करी ने कहा कि उस परियोजना से जम्मू और कश्मीर में इस्तेमाल के लिए भारत के हिस्से का पानी एकत्रित किया जाएगा और बाकी पानी अन्य राज्यों के लिए पानी उपलब्ध् कराने के वास्ते रावी ब्यास द्वितीय लिंक से बाकी पानी को छोड़ा जाएगा श्री गडकरी ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं को राष्ट्री परियोजनाओं के रूप में घोषित कर दिया गया है

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति की प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया पाकिस्तान ने जमात उद दावा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच लिया है

मोदी यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे ईन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा संभावना है कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं प्रधानमंत्री कोरिया की नेशनल सिमेट्री का दौरा करेंगे और दक्षिण कोरिया की स्वतंत्रता संग्राम में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे स्वदेश लौटने से पहले श्री मोदी को अंतरराष्ट्रीय सहयोग वैश्विक वृद्धि और मानव विकास के लिए सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कल अपनी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय का आह्वान किया कि कम से कम पांच गैर भारतीय परिवारों को भारत यात्रा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें प्रधानमंत्री ने योनसेई विश्वविद्यालय के सोल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने दो सबसे बड़ा खतरे हैं और महात्मा गांधी के सिद्धांतों ने इन समस्याओं का स्पष्ट समाधान उपलब्ध कराता है ऋणमाफी मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रतलाम जिले से किसानों के ऋण खातों में ऋण माफी की राशि अंतरण की कार्यवाही का शुभारंभ करेंगे

उल्लेखनीय है कि जय किसान ऋण माफी योजना में आज से पात्र किसानों के बैंक खाते में भुगतान की कार्यवाही के साथ ही किसानों को सम्मान पत्र देने का निर्णय भी लिया गया है

सम्मेलन में चालू ऋण खाता धारक किसानों को कालातीत फसल ऋण माफी के प्रकरणों में ऋण माफी पत्र प्रदान किये जाएंगे जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन के बाद संबंधित बैंक में योजना के प्रावधान के अनुसार राशि जमा कराई जायेगी युवा स्वाभिमान योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भोपाल के लाल परेड मैदान में बेरोजगार युवाओं के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरूआत करेंगे

प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को काम की जिम्मेदारी दी जायेगी मंत्री दौरा केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड़डा आज प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे बताया जा रहा है कि श्री सिंह और श्री नड्डा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल आ रहे है

लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम में सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया वित्त मंत्री तरूण भनोत नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और सांसद राकेश सिंह अतिथि होंगे

फ्लाई ओव्हर बनने से इन मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा साथ ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट भवन तक का आवागमन भी सुव्यवस्थित हो सकेगा मुख्यमंत्री स्वाइन फलू मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में स्वाइन फ्लू को फैलने से रोकने और प्रबंधन के लिये सभी जरूरी कदम उठाने और ऐहतियाती उपाय लागू करने के निर्देश दिये हैं स्वाइन फ्लू से निपटने के लिये संसाधनों की कोई कमी नहीं है मुख्यमंत्री ने इंदौर में स्वाइन फ्लू के टेस्ट के लिये तत्काल वायरोलॉजी लैब खोलने के भी निर्देश दिये ताकि समय पर जाँच रिपोर्ट मिल सके और प्रभावितों को तत्काल इलाज हो उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यह जाँच सुविधा भोपाल में एम्स और जबलपुर के आईसीसीएमआर में उपलब्ध है वहीं स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि स्वाइन फ्लू से निपटने की रणनीति तैयार की गई है उन्होंने कहा है कि ईलाज से मना करने वाले अस्पतालों की मान्यता रद्द की जायेगी

राज्यपाल राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि पशुधन और मत्स्य पालन का प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने कहा कि पशुधन और गो शालाओं के विकास में प्रदेश को आत्म निर्भेर बनाने के लिये विशेष रूप से कार्य किया जाना चाहिए श्रीमती पटेल कल जबलपुर में नानाजी देशमुख पश् चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी

मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है कल सतना जिले के कोठी बिरसिंहपुर खडौरा पटना सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे वहीं मुरैना जिले में भी बारिश से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है इधर राजधानी भोपाल में बुधवार गुरूवार की दरमियानी रात को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम में ठंडक घुल गई हालांकि दिन में तेज धूप की वजह से तापमान में बढ़ौतरी भी दर्ज की गई मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान से विदर्भ के बीच एक ट्रफ लाइन बनी हई है इसके चलते मौसम में अचानक बदलाव आया और राजधानी भोपाल सहित आसपास के क्षेत्र रायसेन विदिशा और सीहोर में बारिश के साथ ओले गिरे हैं इसके अलावा सागर दमोह और होशंगाबाद में बारिश हुई है